बर्ड फ्लू को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों पर एक सप्ताह के लिए लगाया प्रतिबंध

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में तैयार की गई दो कोरोना वैक्सीन एक बड़ी उपलब्धी है और इसके लिए वैज्ञानिक व डॉक्टर बधाई के पात्र हैं

शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना शिक्षा व संचार पर जोर दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से पोल्ट्री उत्पादों को लाने पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंद लगाया गया है

उन्होंने अधिकारियों को जलाशयों के आसपास पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश में पूरी तैयारी कर ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में उचित दिशा निर्देश दिए हैं अनुराग ठाकुर इस बीच केंद्रीय वित्त कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शहरी निकाय चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता का आभार जताया है उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत का श्रेय पार्टी की विकासवादी नीतियों को जाता है अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकास कार्यों में जनता के भरोसे की जीत है

राठौर दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने नगर निकाय चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस चुनाव में अनेक निर्दलियों को मिला समर्थन भाजपा के खिलाफ है राठौर ने कहा कि शिमला कांगड़ा मंडी कुल्ल चंबा और सोलन जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इन चुनावों में भाजपा पर सरकारी मशनीरी के दुरूपयोग का आरोप भी लगाया एनडीआरएफ मंडी ज़िले के बल्ह में एनडीआरएफ बटालियन मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित व हस्तांतरित करने संबंधी सभी औपचारिकताओं में तेजी लाई जाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंद्र सिंह और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने राजस्व व वन विभाग को इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने और एफसीए स्वीकृति जल्द प्राप्त करने के निर्देश दिए

नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे हैं और लोगों ने भाजपा समर्थित प्रत्याशियों में विश्वास जताया है

उन्होंने दावा किया कि आगामी पंचायतीराज चुनाव में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से सेवा की भावना से काम करने का आहवान किया है हमीरपुर ज़िले के समीरपुर स्थित उनके निवास पर उनसे भेंट करने आए नगर पंचायत सुजानपुर के नवनिर्वाचित पार्षदो को उन्होंने जीत पर बधाई दी धूमल ने कहा कि जनता ने उन्हें समाज सेवा का मौका दिया है और उन्हें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए

संस्थान के निदेशक ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्चअल माध्यम से समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे जबकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें हिस्सा लेंगे

हिमाचल कोरोना राज्य में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है और पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने रोजाना आ रहे कोरोना के नए मामलों में भी गिरावट जारी है

ड्राई रन प्रदेशभर में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया जिसके माध्यम से कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया इसके लिए अनेक स्थानों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और प्रशासनिक व स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूर्वाभ्यास का जायजा लिया जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति व किन्नौर सहित अन्य भागों में भी ड्राई रन का आयोजन किया गया